पांच खनन अधिकारियों के वेतन पर लगायी रोक

खनन और भूतत्व विभाग ने काम में लापरवाही और शिथिलता बरतने के आरोप में तेरह सहायकों को निलंबित कर दिया है साथ ही कैमूर सारण शिवहर मूंगेर और खगड़िया जिले के खनन अधिकारियों का वेतन रोकते हुये उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है वहीं द्रसरी तरफ पटना के जिलाधिकारी ने मनरेगा में मानव दिवस सुजन कार्यक्रम के तहत कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं रहने के कारण पंद्रह प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों का वेतन बंद कर दिया है और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है राज्य सरकार ने बिहार में रहने वाले खत्री और सिंधी जाति के लोगों के लिये सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश निर्गत कर दिया है गौरतलब है कि ये दोनों जातियां प्रदेश में किसी भी आरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं हैं फांसी की सजा को कानूनी दावपेंच में उलझाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा कि मृत्युदंड के खिलाफ अपीलों का एक छोर पर अंत जरूरी है दोषी को कभी नहीं लगना चाहिये कि सजा को चुनौती देने की लड़ाई अंतहीन चलती रहेगी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सात लोगों की हत्या के आरोपी एक प्रेमी जोड़े की मृत्यदंड के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने ये टिप्पणी की राज्य की निचली अदालतों में कर्मियों द्वारा खूलेआम रिश्वत लेने से जूड़े एक स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण में दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी या नहीं इसका फैसला पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे न्यायाधीश शिवाजी पाण्डेय और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया गौरतलब है कि एक निजी टीवी चैनल द्वारा किये गये स्टिंग ऑपरेशन में पटना सिविल कोर्ट के कर्मियों को घ्रस मांगते दिखाया गया था वहीं पटना गया रोड के निर्माण के मामले की सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजस्व विभाग को खर्च संबंधी ब्यौरा उनतीस जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो हर दस साल पर होती है उन्होंने कहा कि इसके लिये लोगों से किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या सबूत नहीं मांगा जायेगा श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद सहित अन्य विपक्षी पार्टियां दुष्प्रचार कर जनगणना के काम को बाधित करना चाहती हैं उन्होंने लोगों से विपक्षी दलों के बहकावे में नहीं आने की अपील की उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में हर वर्ष दस हजार सिपाहियों की नियुक्ति की जायेगी श्री मोदी पटना में नवनियुक्त वन रक्षियों के उन्मुखीकरण यह प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग छह महीने के अंदर सभी लंबित परीक्षाओं का आयोजन कर लेगा और इसके बाद नियमित रूप से कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी राज्य सरकार ने विभिन्न खेलों के बारह उत्कृष्ट खिलाड़ियों को निम्नवर्गीय लिपिक का नियुक्ति पत्र सौंपा है ये नियुक्ति बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत की गयी है इन खिलाड़ियों में से पांच दिव्यांग हैं आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है किशोरियों के प्रति होने वाले लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिये इस दिवस का आयोजन किया जाता है बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं अररिया की पुलिस अधीक्षक धूरत सायली सबलाराम को लोकसभा चुनाव में रचनात्मक और सुरक्षा प्रबंधन में बेहतर काम करने के लिये कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मानित किया जायेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्प्री ठाकुर की जयंती पर आज उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया जा रहा है इस अवसर पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहली बार आजादी के बाद के सभी शहीद सैनिकों को याद करते हुए पारंपरिक सलामी समारोह आयोजित किया जाएगा एक रिपोर्ट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख आजादी के बाद से आज तक देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे

लेकिन इस वर्ष यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर होगा

इधर पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में आज परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास होगा प्रदेश के अधिकतर हिस्सों मे दिन के समय धूप खिलने और आसमान साफ रहने से लोगों को ठंड से राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है हालांकि तेज हवा के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है विभाग ने कहा है कि छब्बीस जनवरी तक मौसम सामान्य बना रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है इन निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से दस मिनट पहले परीक्षा हॉल में प्रवेश करना अनिवार्य होगा साथ ही वे एडमिट कार्ड और कलम के अलावा परीक्षा भवन में कोई अन्य सामान नहीं ले जा सकेंगे इस बार भी परीक्षार्थियों के जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगा दी गयी है सीके नायडू अंडर ट्वेंट् थ्री क्रिकेट ट्रर्नामेंट में बिहार की टीम ने अरूणाचल प्रदेश को दो सौ पंचानवे रनों के विशाल अंतर से पराजित कर दिया है असम के जोराहट में खेले गये इस मैच में बिहार ने अपनी पहली पारी में एक सौ अठासी रन बनाये जबकि दूसरी पारी छह विकेट पर तीन सौ बहत्तर रन बनाकर घोषित की इसके जवाब में अरूणाचल प्रदेश की टीम पहली पारी में एक सौ चौदह और द्रसरी पारी में एक सौ इक्यावन रन ही बना सकी पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर स्थित विशेष अदालत में भाजपा नेता सुधीर कुमार जयसवाल का बयान दर्ज हुआ मामले की अगली सुनवाई अठाईस जनवरी को होगी गोपालगंज स्थित सासामुसा चीनी मिल का मालिक अपने परिवार के साथ फरार हो गया है उसपर मिल के कर्मियों के वेतन और किसानों के साठ करोड़ रूपये का बकाया है जमुई जिले के झाझा स्टेशन के पास स्थित रनिंगरूम के पीछे की दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये सीवान जिले के चैनपुर ओपी क्षेत्र में एक छात्रा के साथ कथित सामूहिक द्रष्कर्म के चार आरोपियों में से तीन को पूलिस ने गिरफ्तार कर लिया है हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के अदलबारी मोहल्ला से बुधवार को अगवा किये गये बजरंग दल के जिला सह मंत्री कुमार नीरज की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचारपत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के प्रावधानों को हटाये जाने को सही ठहराया दैनिक जागरण की सुर्खी है पवन वर्मा को नीतीश की नसीहत जहां जाना हो जायें दैनिक भास्कर ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े के उस वक्तव्य को अपनी बड़ी खबर बनाया हे जिसमें उन्होंने कहा है फांसी के खिलाफ अपीलों का एक छोर पर अंत जरूरी प्रभात खबर की सुर्खी है केंद्र में सात लाख पदों पर नियुक्ति जल्द

पांच खनन अधिकारियों के वेतन पर लगायी रोक